इनर्मे हिमाचल मित्रमंडल ऊना हितकारी सभा जनकल्याण सभा मंडी और हिमाचली बंध सभा के प्रतिनिधि शामिल थे मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हिमाचली लोगों को संगठित करने और प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा संजोए रखने के लिए इन संगठनों के प्रयासों की सराहना की जयराम ठाकुर ने सामाजिक संगठनों के माध्यम से गरीब व ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने का आग्रह किया इस दौरान इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अपने अपने संगठनों की गतिविधियों की जानकारी दी इस मौके उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन भी मौजूद रहे इससे पहले कल शाम मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान से भेंट कर प्रदेश में कौशल विकास व युवा सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की इस मौके प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहे विपिन परमार प्रदेश में हैपेटाइटिस बी रोग के बारे में राज्य सरकार गंभीर है और स्वास्थ्य विभाग इसके प्रति लोगों को जागरूक करेगा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में बताया कि पिछले कुछ वर्षो में जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति के स्पिति उपमंडल में हैपेटाइटिस बी के लक्षण पाए जाने के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है उन्होंने कहा कि इस संबंध में आईजीएमसी शिमला के चिकित्सकों द्वारा किए गए गहन अध्ययन के बाद एक पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें इस बीमारी के लक्षणों कारणों और निदान के बारे में बताया गया है

ये विमान पठानकोट एयरबेस से रूटीन उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिससे उसमें सवार पायलट की मृत्यु हो गई है मृतक पायलट की पहचान दिल्ली निवासी स्कवाड्रन लीडर मीत कुमार के रूप में हई है कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल ने हादसे की पुष्टि की है पठानकोट एयरबेस से वायू सेना की टीम सहित जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहंची दर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है राज्यपाल दौरा कार्यकारी राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने आज शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का दौरा किया उन्होंने परिसर का अवलोकन करते हुए दुर्लभ विरासत भवन की सराहना की राज्यपाल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ये सैंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उभर सकता है कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि ये एक प्रेरक संस्थान है जो अंग्रेजों के समय में देश में उच्च अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है इस मौके राजभवन के अधिकारी भी उनके साथ रहे

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने विद्यार्थियों से जीवन में शिक्षा के साथ साथ समपर्ण कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन को आत्मसात करने का आहवान किया है सोलन जिले के कण्डाघाट उपमंडल की झाजा पंचायत के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घैण्टी में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के बाद कल उन्होंने ये बात कही बिंदल ने कहा कि भारत को प्राचीन समय में बेहतर शिक्षा पद्धति व नैतिक मुल्यों की स्थापना के लिए जाना जाता था और अब देश को दोबारा विश्व गुरू बनाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि झाजा सहित आस पास के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाएगी इस मौके विधानसभा अध्यक्ष ने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया